प्रदेश के कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैला

बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक तीन सौ बारह लोगों की मौत

राज्य में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या नब्बे हजार के आंकड़े को पार

प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति गम्भीर बनी हुई है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सोलह जिलों के एक सौ सताईस प्रखंडों की एक हजार दो सौ इकहत्तर पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं लगभग अठहत्तर लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है प्रभावित क्षेत्रों से पांच लाख सैंतालीस हजार से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैंतीस कंपनियां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में सात राहत शिविर और एक हजार एक सौ इक्कीस सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है इधर बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक तीन सौ बारह लोगों की मौत हो च्रकी है चार सौ नवासी पशुओं की भी जान गयी हैं इस बीच उत्तरी बिहार में देर रात से बारिश हो रही जिससे बाढ़ की स्थिति और बिगड़ने की आशंका जतायी जा रही है दरभंगा जिले में बाढ की स्थिति सबसे खराब है जहां बीस लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं

बागमती और करेह नदी के जलस्तर मे हालांकि कमी आयी है लेकिन स्थिति में अब भी बहुत सुधार नहीं हुआ है

बाढ़ प्रभावित लोग राहत सामग्नियों की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं इधर सरकार ने लगभग तीन लाख चौवालीस हजार से अधिक परिवारों को छह छह हजार रूपये की सहायता राशि उपलब्ध करा दी है आकाशवाणी समाचार के लिये दरभंगा से मणिकांत झा इधर दरभंगा से गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या सताईस पर एक पुल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है जिस कारण यातायात प्रभावित हुआ है मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के पानी के कारण जहां एक ओर आम जनजीवन अस्त व्यस्त हैं वहीं इसका प्रतिकूल असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिख रहा है

औद्योगिक क्षेत्र के फेज वन में पच्चीस प्रतिशत उद्योग बंद हैं पिछले बीस दिनों से औद्योगिक क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है बाढ़ के पानी से सड़कों के बतिग्रस्त होने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानियां हो रही हैं साहेबगंज के माधोपुर हजारी पंचायत में छह संपर्क पथ बंगरा में सात रूपछपरा हस्सेपुर और हुस्सेपुर रत्ती में तीन ग्रामीण सड़क क्षतिग्रस्त हो गये हैं लोदिया खेमकरना बुद्धमार्ग चार जगह ट्रट गया है आकाशवाणी समाचार के लिये मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक समस्तीपुर जिले में भी बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक सामानों की कमी होने लगी है

बाढ़ की त्रासदी के बीच कभी कड़ी धूप और कभी मूसलाधार बारिश ने परेशानियां और बढ़ा दी हैं कई जगहों से कच्चे घरों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है कल्याणपुर सिंधिया बिथान हसनपुर शिवाजी नगर खानपुर और विमृतिपुर प्रखंडों के एक सौ सत्रह गांव अभी भी जलमग्न हैं

सारण जिले के नौ प्रखंडों के चार सौ निन्यानवे गांव अब भी बाढ़ से घिरे हुए हैं तरैया प्रखंड के कई गांवों में नाव ही लोगों के आवागमन का साधन बचा है वहीं गोपालगंज जिले के चार प्रखंडों में गंडक नदी कहर बरपा रही है सत्तर गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं लगभग चार हजार परिवार अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लिये हुए हैं सीवान जिले में धमई नदी में उफान के कारण नये इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है नदी का पानी बड़का गांव में प्रवेश कर गया है जिससे सत्रह सौ परिवार प्रभावित हुए हैं वैशाली से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के कई नये क्षेत्रों में बाया नदी का पानी प्रवेश कर गया है

सड़कों के क्षतिमस्त हो जाने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही हैं वहीं बेलसर प्रखंड के साइन करनैजी बेलसर और मनोरा पंचायत के कई गांव भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं

आकाशवाणी समाचार के लिये हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह सूपौल जिले में कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव से पूर्वी तटबंध पर दबाव बना हुआ है सहरसा और मधेपुरा में भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है सीतामढ़ी और किशनगंज जिले में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है प्रदेश की अधिकांश नदियों के जलस्तर में गिरावट आ रही है लेकिन नदियां विभिन्न स्थानों पर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर हैं गंडक नदी का जलस्तर डुमरिया घाट पर बढ़ रहा है और अभी यह लाल निशान से लगभग एक मीटर ऊपर है वहीं बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर समस्तीपुर मुजफ्फरपुर खगड़िया और पश्चिम चंपारण में तेजी से घटा है नदी का जलस्तर ललबगिया और अहिरवलिया में अभी भी लाल निशान से लगभग दो मीटर ऊपर हैं वहीं बागमती नदी कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है हालांकि नदी का जलस्तर तैयबपुर ढेंगरा घाट और झावा में लाल निशान से नीचे है कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से लगभग तीन मीटर ऊपर चला गया है वहीं परमान नदी का जलस्तर अररिया में लाल निशान से लगभग तेईस सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है मॉनसून की सक्रियता के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अच्छी बारिश हुई है मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक सोलह सेंटीमीटर बारिश गौनाहा में दर्ज की गयी वहीं रामनगर चटिया और चनपटिया में पंद्रह पंद्रह सेंटीमीटर बारिश हुई है इधर विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित कुमार ने बताया कि इस दौरान एक दो जगहों पर भारी बारिश की भी आशंका है

प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या नब्बे हजार के आंकड़े को पार कर गयी है आज तीन हजार सात सौ इकतालीस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या नब्बे हजार पांच सौ तिरपन हो गयी आज सबसे अधिक पांच सौ उनतीस मामले पटना से सामने आये हैं बेगूसराय से दो सौ चौवन कटिहार से दो सौ सहरसा से एक सौ पचहत्तर पूर्वी चंपारण और मधुबनी से एक सौ उनहत्तर एक सौ उनहत्तर मुजफ्फरपुर से एक सौ साठ सारण से एक सौ अड़तालीस और रोहतास से एक सौ चालीस मामले पॉजिटिव पाये गये हैं इसी तरह गया से एक सौ सात वैशाली से संतानवे भोजपुर से पंचानवे नालंदा से बानवे पश्चिम चंपारण से छियासी सीतामढ़ी से इक्यासी औरंगाबाद से सतहत्तर अररिया से इकहत्तर और भागलपुर से सत्तर मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में तीन हजार उनतीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी अब तक कुल साठ हजार अड़सठ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर छियासठ दशमलव तीन तीन प्रतिशत है वहीं एक दिन में नौ लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर चार सौ चौहत्तर हो गया है राजधानी पटना में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिले में अब तक चौदह हजार नौ सौ अस्सी मामले सामने आ चुके हैं जो राज्य के किसी भी जिले में सबसे अधिक है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में इस महामारी से इक्यानवे लोगों की अब तक मौत हो चुकी है जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या तीन हजार दो सौ तिहत्तर है जबकि ग्यारह हजार छह सौ सोलह लोग स्वस्थ हो चुके हैं प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच में लगातार तेजी आ रही है पिछले चौबीस घंटे में बानवे हजार चार सौ चौदह नमूनों की जांच की गयी अब तक राज्य में बारह लाख बहत्तर हजार नौ सौ अस्सी नमूनों की जांच हो चुकी है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के साठ हजार नौ सौ तिरसठ नये मामलों की पुष्टि हुई है संक्रमितों की संख्या बढ़कर तेईस लाख उनतीस हजार छह सौ उनतालीस हो गयी है वहीं एक दिन में छप्पन हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं स्वस्थ होने वालों की संख्या सोलह लाख उनतालीस हजार छह सौ हो गयी है चौबीस घंटों में आठ सौ चौंतीस लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर छियालीस हजार इक्यानवे हो गया है राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस मरीजों का इलाज कर रहे निजी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी पचास लाख रूपये की बीमा की सुविधा देने का फैसला किया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि कोविड उन्नीस के लिये चिन्हित निजी अस्पताल के कर्मियों की यदि कोरोना मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो जाती है तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने सभी से आग्रह किया कि वे कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करें

लेकिन सोशली उनको इमोशली उनको दूर नहीं करना और इसी तरह से जो दूरी बनानी है अपने को वर्कर के साथ में जहां हम जा रहे हैं जहां हम खड़े हो रहे हैं लाइन में खड़े हो रहे हैं शोप पर हैं वर्कप्लेस पर हैं बहत जरूरी है और साथ साथ में ये भी याद दिलाऊंगा कि हमें बार बार अपने हाथ भी धोने हैं या हैंड को सैनेटाइज करना है प्रदेश की निचली अदालतों में आज से वर्चअल माध्यम से कामकाज शुरू हो गया है कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए निचली अदालतों में लगभग तीन सप्ताह से मामलों की सुनवाई बंद थी केन्द्र सरकार ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि सरकार खेती में यूरिया के इस्तेमाल को बंद करने जा रही है पत्र सूचना कार्यालय पी आई बी ने एक टवीट् में इस खबर को सरासर झूठ बताया है सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि उसने खेती में यूरिया का इस्तेमाल बंद करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है मूख्यमंत्री नीतीश क्मार ने आज पांच हजार चौबीस करोड़ रूपये की दो सौ सत्रह योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया श्री कुमार ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये मुजफ्फरपुर और गोपालगंज को जोड़ने वाले गंडक नदी पर बने बंगरा पुल का उद्घाटन किया बंगरा प्रल से दोनों शहरों के बीच की दूरी चालीस किलोमीटर कम हो जायेगी और इससे छह जिलों के लोगों को लाभ होगा मुख्मयंत्री ने ड्मरी सरमेरा रोड का भी उद्घाटन किया पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारकर लगभग सात लाख रूपये लूट लिये घायल कर्मी का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पिकअप वैन से साढ़े चार हजार बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश के कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैला

बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक तीन सौ बारह लोगों की मौत

राज्य में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या नब्बे हजार के आंकड़े को पार